प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से अनेक सुधार किये हैं नई दिल्ली में आज एसोचम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो मे देश ने अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत कर लिया है कि ऐसे लक्ष्य निर्धारित और हासिल किये जा सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं चौतरफा फैसले लिए हैं उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले अर्थव्यवस्था विनाश की ओर जा रही थी लेकिन उनकी सरकार इसमें अनुशासन और सकारात्मकता लेकर आई है उन्होंने कहा कि देश में अब ऐसी सरकार है जो किसानों श्रमिकों और कॉरपोरेट जगत की सुनती है

छह बैंक बीसीए से भी बाहर निकल चुके हैं

बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी ग्लोबल पहुंच कायम करने की ओर अग्रसर हैं हमारी सरकार ने बैंकों के कारोबारी फैसलों में किसी तरह की दखलअंदाजी को समाप्त कर दिया है श्री मोदी ने बैकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को आश्वस्त किया कि पुरानी कमजोरियां दूर कर ली गई हैं और उन्हें अब साहसिक फैसले करने चाहिए खुला निवेश करना चाहिए और अच्छी तरह खर्च करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को आध्रनिक और व्यवस्थित करना चाहती है उन्होंने कहा कि भारत में विनिर्माण की लागत धीरे धीरे कम हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब किसी कंपनी को पंजीकृत करने में कई सप्ताह नहीं बल्कि कुछ ही घंटे लगते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महात्मा गांधी का पूरे विश्व में सम्मान है क्योंकि विश्व महसूस कर रहा है कि गांधी जी का शांति समानता और अहिंसा का द्रष्टिकोण आज अधिक प्रासंगिक है

श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधो जी के स्वच्छता के एजेंडे को जन आन्दोलन बनाया इस अवसर पर श्री कोविंद ने प्रधानमंत्री से गांधी जी की यादगार गतिविधियों पर ई पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें महात्मा गांधी के जन भागीदारी के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है पूर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए उनके विचारों और उद्घरणों से प्रेरित गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा उन्होंने कहा कि पहले वर्ष का पुरस्कार पशु कल्याण के लिए समर्पित होगा

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का प्रेम और सहिष्णूता का संदेश आज भी क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम है प्रदेश में पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं एहतियात के तौर पर राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कानप्र फिरोजाबाद मऊ पीलीभीत बरेली अलीगढ़ मेरठ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सहित विभिन्न जिलों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं इस बीच विभिन्न जिलों में तीन हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आम लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए कई जिलों में पुलिस ने फ्लैगमार्च किया बलरामपुर जिले में पुलिस लाउडस्पीकर से लोगों को शांति बनाए रखने के संदेश दे रही है उधर आज जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में नागरिता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन किये गये कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा फिरोजाबाद सहित कई जगह प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगा दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़कर ने कहा है कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में भ्रम फैलाना चाहते हैं आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की हिंसा से बचने की भी अपील की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

भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म और अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

दुराचार के आरोपी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर विरोध स्वरूप इससे पहले पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था

यह पुरस्कार केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास और पचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा वितरित किये गये प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किये गये प्रदेश को मनरेगा में उल्लेखनीय कार्यो के लिये सात प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिये नौ रूर्बन मिशन के लिये दो और एनआरएलएम के लिये एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ

बारह साल प्राने इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश अशोक कुमार ने दो आरोपियों तारिक काजमी और मोहम्मद अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनाई प्रकरण के तीसरे आरोपी सज्जाददुरहमान को बरी कर दिया

गौरतलब है कि विस्फोट कांड के चौथे आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी

इस संबंध में लोगों से दावे और आपत्तियां बाईस जनवरी तक प्राप्त की जायें गी

प्रदेश में पड़ रही ठंड और विशेषकर तराई क्षेत्रों में कोहरे के कारण लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से सात से नौ डिग्री नीचे चला गया है अधिकतम तापमान में भी सामान्य से एक से चार डिग्री की कमी दर्ज की गई मुजफ्फरनगर आगरा झांसी और बरेली में कल तापमान सात डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा